कुल्लू में आज एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि भारत ने आज तक किसी भी देश की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है और यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा जहां किसानों और जवानों का सम्मान करती है वहीं कांग्रेस सेना के पराक्रम व शौर्य पर शक करती है

राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा ने पिछले पांच वर्षों में महंगाई को नियंत्रण में रखा और डीबीटी से देश को एक लाख दस हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भाजपा की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा कर रहा है

जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है प्रचार का कल अंतिम दिन है और शाम पांच बजे प्रचार का शोर थम जाएगा इसके बाद उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही प्रचार कर सकेंगे

कांग्रेस प्रचार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज शिमला संसदीय क्षेत्र के डोडरा क्वार में चुनाव प्रचार किया बाद में उन्होंने रामपुर बुशैहर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी के अन्य नेता भी प्रचार के दौरान मौजूद रहे

पार्टी ने इसे लेकर लगभग समी तैयारियां पूरी कर ली है भारद्वाज भाजपा के वरिष्ठ नेता व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब आयात शुल्क के मामले में कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है

भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का प्रयास रहेगा कि सेब को विशेष श्रेणी उत्पाद में शामिल किया जाए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनमने भाव से लोकसभा चुनाव लड़ रही है जबकि भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है कश्यप भारद्वाज भाजपा नेता व निवर्तमान सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि विपक्षी दलों के पास चुनाव में कोई नीति नीयत और नेता नहीं है सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहा है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है उधर चम्बा में पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने कहा कि प्रचार के दौरान पार्टी को भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बीते पांच वर्षो में विभिन्न योजनाओं से गरीब लोगों को लाभ पहुंचाया है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है

सोलन जिले के बसोल में आज स्वीप अभियान के तहत स्कूली छात्रों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया जिले के जय नगर महाविद्यालय में भी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की गई भूखखलन चम्बा जिले में मंगला के समीप हुए भूस्खलन से चम्बा पठानकोट मार्ग आज तीसरे दिन भी बाधित है भूस्खलन की चपेट में आई मशीन और इसके ऑप्रेटर का भी अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है बीती रात और आज भारी वर्षा के बावजूद मलबा हटाने का कार्य जारी रहा इस कार्य में एनडीआरएफ के जवान भी सहयोग दे रहे हैं मार्ग अवरूद्ध होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पर्यटन मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा है कि पहाड़ों की रानी शिमला गर्मियों में सैलानियों को लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस दिशा में सभी तैयारियां कर ली है जलापूर्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला शहर को अब रोजाना पानी की आपूर्ति की जा रही है